इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से भी सीधा संवाद करेंगे

गंगा की डोली मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखीमठ से आज गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है माँ गंगा की डोली आज रात भैरव मंदिर भैरवघाटी में विश्राम करेंगी और कल सुबह गंगोत्री धाम पहंचेगी

रमजान देश के साथ प्रदेश में भी मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं

रमजान इस्लामी कैलेंडर का नोंवा महीना है इसके समापन पर ईद उल फितर मनाई जाती है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है

मुख्यमंत्री त्रिपेंद्र सिंह रावत ने भी हेमवती नंदन बहगुणा को श्रद्धांजलि दी है भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज घंटोघर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि दी इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उन्हें याद करते हुए उनके बताए गये मार्ग पर चलने की बात कही

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा रिस्पान्स टीम गठन नैनीताल जिले में ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाहर से आने वालों के सत्यापन के लिए सिटी रिस्पान्स टीम और ब्लाक रिस्पान्स टीम का गठन किया गया है यह टीमें घर घर जाकर बाहर से आने वालों का सत्यापन कर रही है और उनके स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है